हर पंचायत में कनैक्टिविटी उपलब्ध हो यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है

भारत ऑप्टिकल फाइबर से हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है और अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं

साथ ही कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में मौजूदा सत्र में ही पेश किया जा सके एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम भी लायेगी इस पर पहले संबंधित विभागों के सचिवस्तर पर चर्चा होगी बाद में पत्रकारों से भी सुझाव लिये जायेंगें उधर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में राज्य भर के अधिवक्ताओं ने आज दूसरे दिन भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रतिवाद दिवस मनाया हाईकोर्ट बार सचिव मनीष तिवारी ने जबलपूर में बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन की दिशा में राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही राज्यपाल को निंदा प्रस्ताव भेजा जाएगा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने आज बैतूल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार जल संकट से निपटने के लिए द्रगामी योजनाओं पर काम कर रही है अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो होगी ही साथ ही पानी का दुरुपयोग भी रोका जाएगा तथा लोगों को मितव्ययिता के साथ पानी का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा उन्होंने कहा कि जल अधिकार अधिनियम में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता विधायकों विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के बाद कल सुबह तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया गौरतलब है कि बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करने को चुनौती दी है

आज भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति छात्रवृत्ति वितरण समारोह में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण को आवश्यक बताया

इस मौके पर लोग अपने गुरूजनों का अभिनंदन कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं भोपाल के गुफा मंदिर में इस मौके पर विशेष गुरू पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है जबकि रवीन्द्र भवन में भजन संध्या का कार्यक्रम है खंडवा में इस अवसर पर ग्रूर शिष्य पंरपरा की अनूठी मिशाल पेश की गई

ओंकारेश्वर के विभिन्न मठों और आश्रमों में भी ग्रूर पूर्णिमा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

मुरैना स्थित करहधाम आश्रम में एक मेला लगाया गया है जिसमें देशभर से आये श्रद्धालु लोकगीतो की प्रस्तुति के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं सतना जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा शक्तिधाम में पौधरोपण किया गया आगर मालवा देवास टीकमगढ़ सीहोर राजगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों से गुरू पूर्णिमा मनाये जाने के समाचार मिले हैं

आज मध्यरात्रि तीन बजकर एक मिनट पर सबसे बड़े आकार में चन्द्रमा दिखाई देगा ग्रहण के दौरान चन्द्रमा का रंग गहरा हो जायेगा

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्से को छोड़कर भारत के अन्य सभी स्थानों से आंशिक चन्द्रग्रहण देखा जा सकेगा

उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से तीन दिन पहले लापता बच्चे का शव आज उसके घर के समीप एक बंद मकान से बरामद हुआ है पुलिस सूत्रों के अनुसार चीचली गांव का तीन साल का वरुण रविवार शाम घर के समीप खेलते समय लापता हो गया था पुलिस ने बच्चे का शव बरामद करने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है

तापमान बढ़ने से वातावरण में उमस बढ़ गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई बालाघाट में एक सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसुन ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसुन पश्चिम की ओर बढ़ गया है ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही हैं मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान शहडोल जबलपुर ग्वालियर भोपाल संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है